कल से प्रदेशभर में निकलेंगी अस्थि कलश यात्राएं

विशेष नमाज में मांगी गई केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिये दुआएं

चार स्वर्ण सहित ग्यारह पदकों के साथ भारत सातवें स्थान पर

कई जगह जनजीवन प्रभावित इक्कीस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकालेगी और अस्थियों को देशभर की नदियों में विसर्जित किया जायेगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह और विधायक रामेश्वर शर्मा अस्थि कलश लेकर भोपाल पहुंचे स्टेट हेंगर से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए वहीं अटलजी की अस्थि कलश दोपहर बाद विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचा इसे अटल जी के परिजन और सांसद अनूप मिश्रा लेकर आये थे महाराजपुरा विमानतल पर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया सांसद प्रभात झा सहित ग्वालियर के कई गणमान्य नागरिकों ने श्रद्वा सुमन अर्पित किये

यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुख रूप से शामिल हुए अस्थि कलश कल प्रदेश की दस प्रमुख नदियों में विसर्जन के लिये रवाना होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पच्चीस अगस्त को एक अस्थि कलश नर्मदा नदी में विसर्जित करेंगे चम्बल नदी को जाने वाली अस्थि कलश यात्रा ग्वालियर से प्रारम्भ होगी प्रदेश भाजपा ने जानकारी दी है कि दिवंगत अटल जी की अस्थियां नर्मदा क्षिप्रा ताप्ती चम्बल सोन बेतवा पार्वती सिंध पेंच और केन नदियों में विसर्जित की जायेंगी अस्थि कलश यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जायेंगी ईद आज ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज पढ़ी गईं साथ ही केरल के बाढ़ प्रभावितों के लिये भी दुआ मांगी गई वहीं एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार हमें बलिदानी और संस्कारवान बनाने तथा मानवता की रक्षा करने की सीख देता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ईद ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण का पर्व है यह पर्व सबको साथ लेकर चलने त्याग और बलिदान का पैगाम देता है डिण्डौरी के स्थानीय जामा मस्जिद में विशेष नमाज पढ़ी गई इन्दौर में मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर पढ़ी गई इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सहित जन प्रतिनिधि मौजूद रहे शाजापुर में मुस्लिम भाईयों ने ईदगाह जाकर नमाज अता की और शान्ति और भाईचारे की दुआ मांगी देवास की प्राचीन रियासत कालीन ईदगाहों पर ईद की नमाज अता की गई खण्डवा शहर के लगभग पच्चीस मस्जिदों में विशेष नमाज़ पढ़ी गई रेल रोको बैतूल जिले के मुलताई में ट्रेनों के स्टापेज की मांग को लेकर रेल रोकने जा रहे दो पूर्व विधायकों सहित करीब चालीस आंदोलनकारियों को आज रेलवे सुरक्षा बल ने स्टेशन परिसर में गिरफ़तार कर लिया पूर्व विधायक सुखदेव पासे और पीआर बोड़खे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी स्टेशन पहुंचे थे गिरफ्तारी के समय पूर्व विधायकों और आंदोलनकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई रेल रोकों आंदोलन के चलते व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बन्द रखे बावरिया गुटबाजी कांग्रेस महासचिव और मध्यप्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिये टिकट के दावेदार अपनी बात तीव्रता और मुखरता से रख रहे हैं जिसे गुटबाजी कहना उचित नहीं होगा यह बात उन्होंने आज अलिराजपुर जाने के दौरान बड़वानी के पास पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह झूठी योजनाएं बनाकर और आश्वासन देकर नागरिकों को गुमराह कर रही है

लेकिन आज तक इसका पालन नहीं हुआ

चार स्वर्ण सहित ग्यारह पदकों के साथ भारत सातवें स्थान पर है एशियाई खेलों में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय हांकी टीम ने हांगकांग पर शुरूआत से ही दबाव बना लिया था हॉफ टाईम तक भारत चौदह शुन्य से आगे था ग्रूप ए में पिछले चैम्पियन भारत की यह दूसरी जीत है वहीं टेनिस में अंकिता रैना ने महिला सिंगल्स में हांगकांग की इड्इस वोंग चोंग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है उनका सेमीफाइनल मुकाबला कल होगा सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अति वर्षा और बाढ़ की सम्भावना की आशंका के क्षेत्रों की निरन्तर निगरानी करने के निर्देश दिये हैं आज भोपाल में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवर्षा से उत्पन्न स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की उन्होंने कहा कि निवासियों को सतर्कता और सावधानी बरतने की अग्रिम समझाईश दी जाये अतिवर्षा राहत और पुनर्वास की व्यवस्थाओं की निरन्तर निगरानी की जाये आपदा प्रबन्धन केन्द्र भोपाल में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का गठन किया गया है कंट्रोल रूम का टोल फ्री दूरभाष कमांक एक शून्य सात नौ पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिये सम्पर्क किया जा सकता है बाढ़ सहायता रतलाम मंडल के कर्मचारी और अधिकारी केरल के बाढ़ पीड़ितों को एक करोड़ रूपये की राहत राशि अपने एक दिन के वेतन से देंगे यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा की जायेगी

श्री चौहान विद्या भारती के प्रदेश कार्यालय पहंचे उन्होंने स्वर्गीय श्री सक्सेना के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और अंतिम यात्रा में शामिल होकर कंधा दिया मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है कल रात से हो रही वर्षा के चलते अधिकतर स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गयी है उज्जैन में क्षिप्रा नदी उफान पर है यहां यशवन्त सागर का एक गेट खोला गया जिससे क्षिप्रा का जलस्तर बड़ गया राजधानी भोपाल और रायसेन में भी बारिश का दौर जारी है रायसेन में सात घंटे में सात इंच वर्षा हुई जिसके चलते बाढ़ के हालत बन गये यहां दो लोगों के बहने की भी सूचना है रायसेन गैरतगंज मुख्य मार्ग बन्द हो गया है बुरहानपुर में भारी वर्षा से ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है

श्योपुर में कल तेज बरसात हुई

डिण्डौरी में बारिश का दौर जारी है इससे नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है मुरैना में नहर की एक पुलिया ढ़ह जाने से सात लोग घायल हो गये राजगढ जिले के मोहनपुरा बांध के दो गेट खोले गये हैं होशंगाबाद नीमच शिवपुरी खण्डवा जिले में बारिश जारी है मौसम विभाग ने इक्कीस जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है

फरार कैदी के ऊपर दस हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया है